प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सागर और ग्वालियर में करेंगे जनसभाएं

प्रदेष में दूसरे चरण में टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होषंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीटों पर नौ महलाओं सहित कुल एक सौ दस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इन सात सीटों पर एक करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज है

इसी चरण में प्रदेष की सीधी लोकसभा सीट डेम्हा मतदान केंद्र पर पुनर्ममतदान होगा

चुनाव आयोग के निर्देष पर यहां दोबारा चुनाव कराया जा रहा है चुनाव आयोग ने ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देष दिए हैं ढोल बजाकर एवं अन्य माध्यमों से मतदाताओं को मतदान की सूचना प्रदान की जा रही है चुनाव आयोग के निर्देश पर दिव्यांगजनों बुजुर्गों गर्भवती महिलाओं के लिये सुगम्य मतदान की दृष्टि से घर से घर तक की सुविधा प्रदान की जाएगी ऐसे मतदाता सुगम्य एप से पंजीयन कर यह सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिऐ विशेष रूप से ब्रेल लिपि में वोटर गाइड इपिक डमी ईवीएम की सुविधा भी प्रदान की जा रही है लोकसभा नकदी प्रदेष के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीएल कान्ता राव ने कल बताया कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सात लोकसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा होने के बाद से दो मई तक सात करोड़ इक्यावन लाख रूपए की नकदी और अन्य सामग्री जप्त की गई है

चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी पुलिस आबकारी आयकर एवं अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है चुनाव प्रचार राज्य में लोकसभा चुनाव के लिये राजनेताओं के दौरे जारी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सागर और ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह देवास और गुना में केन्द्रीय मंत्री नितीन गड़करी उज्जैन में सभा को संबोधित करेंगे इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेम पैत्रोदा इंदौर में चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रदेश के दूसरे चरण के प्रचार का दौर कल शाम थम गया

वे गुड़गांव के वेदान्ता अस्पताल में भर्ती थे जहां उन्होंने अंतिम सांस ली

जबलपुर के नेपियर टाउन निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तिवारी मध्यप्रदेश सरकार के सोलहवें महाधिवक्ता थे पिछले साल दिसम्बर में ही उनकी महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति हुई थी

सुशासन संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में हर माह किसी न किसी चेंज लीडर के व्याख्यान होंगे व्याख्यान माला ट्रांसफार्मेटिव चेंज सस्टेनेबल आउटकम्स शीर्षक से होगी संस्थान के महानिदेशक आर परशुराम ने कल पहले व्याख्यान इश्यूज एण्ड चैलेंजेज इन इंप्लीमेंटिंग स्वच्छ भारत मिशन द इंदौर एक्सपीरियंस में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्य में लोगों की सोच और मानसिकता बदलना बड़ी चुनौती होती है इसमें जो सफल होता है वही चेंज लीडर होता है उन्होंने कहा कि परिणामों के साथ ही प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है स्वच्छ भारत मिशन के निदेषक मनीष सिंह ने सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में कल पहला व्याख्यान दिया श्री सिंह ने कहा कि जन प्रतिनिधियों पुलिस प्रशासन और मीडिया सहित समाज के सभी वर्गो के सहयोग से इंदौर देश का पहले नम्बर का स्वच्छ शहर बना

डीआरआई राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने कल इंदौर के एक व्यावसायी के प्रतिष्ठान से विदेशी मूल के जानवरों को जप्त करने की कार्रवाई षुरू की षहर के मल्हारगंज क्षेत्र स्थित एक जूस सेंटर पर पहुंची डीआरआई की टीम ने एक विदेशी बंदर तोता सहित अन्य पालतू जंगली जानवरों को जप्त किया है जप्त जानवरों की कीमत लाखों रुपये बतायी गई है आरोप है कि ज्यूस सेंटर संचालक अवैध रूप से इन जानवरों को रख रहा था बीते दिनों विदेशी मूल के जानवरों का मुंबई का एक तस्कर डीआरआई की गिरफ्त में आया था जिससे पूछताछ के आधार पर यह कार्रवाई की गई

मौसम प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हवा का कम दबाव बनने और द्रोणिका के कारण मौसम में भी बदलाव आया है तेज हवाओं और छिटपुट बादलों के छाने से प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी में कमी आई है जिससे लोगों को राहत मिली है राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में कल बादल छाये रहे

जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने अमरवाड़ा तहसील मुख्यालय के पशु चिकित्सालय में यह कार्रवाई की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सागर और ग्वालियर में करेंगे जनसभाएं